राजभवन में शुरू हुआ तीन दिवसीय गरबा महोत्सव

चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पिछले दिनों भेजे गए पत्र में यह बात कही है

रामपाल विवादास्पद गुरू रामपाल को हत्या के दो अलग अलग मामलों में दोषी करार दिया गया है

हमारे संवाददाता ने संभागीय संगठन मंत्री श्याम महाजन के हवाले से खबर दी है कि इस दौरान केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्रदेश के प्रभारी मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित पांच केन्द्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे दीक्षांत समारोह योजना एवं वास्तुकला विद्यालय भोपाल में आज पांचवा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात वास्तुविद राज रेवाल थे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डाक्टर विमल पटेल ने की

गौरतलब है कि इस संस्थान को देशभर में अपनी श्रेणी के संस्थानों में पांचवा स्थान हासिल है नीति आयोग नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रौद्योगिकी संबंधी रूकावटों से परंपरागत विनिर्माण रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा

श्री अमिताभ कांत ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए रोजगार के नये अवसरों का सुजन करना होगा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की भी हिमायत की

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि शेष उम्मीद्वारों की घोषणा भी जल्द की जायेगी उधर समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने कई स्थानों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिये हैं

ये सभी नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से तय किए गए हैं

उधर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है अन्य राजनैतिक दल भी अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटे हैं

राजधानी भोपाल में अनेक स्थानों पर पांडालों को विशेष रूप से सजाया गया है साथ ही गरबा महोत्सव की भी शुरूआत हो गई है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में नवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय गरबा महोत्सव का उद्घाटन किया साथ ही राज्यपाल ने महाआरती में भी हिस्सा लिया गरबा महोत्सव में गुजराती समाज उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसायटी के मूक बधिर बच्चों और राजभवन परिवार की बालिकाओं द्वारा गरबा नृत्य प्रस्तुत किये गये वहीं भोपाल के संस्कृति विभाग द्वारा शक्ति की महिमा पर केन्द्रित तीन दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कल से जनजातीय संग्रहालय में किया जायेगा इस कार्यक्रम में देश के ख्याती प्राप्त कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे

अशोकनगर जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र गोयल ने कल ये जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जारी निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण सत्र के दौरान दी

प्रशिक्षण में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्वाचन ड्यूटी के दौरान उनके कर्तव्य और कार्यो की विस्तार से जानकारी दी गई वहीं बैंकों में प्रत्याशियों के लिये हेल्पडेस्क खोलने और अभ्यर्थियों के खातों के लेन देन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए

अनेक जिलों में निर्वाचन समीक्षा बैठकों का दौर जारी है खंडवा जिले में सीमावर्ती जिलों हरदा बैतूल और खंडवा के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई

इसका उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक बालिका को अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने लायक बनाने का माहौल मिलना चाहिये

मुख्य कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किया जायेगा

मलेरिया इकाई की टीम को जिले के आला अधिकारियों के बंगलों के परिसरों से डेंगू के लार्वा मिले हैं